हालांकि टूटू चौपाल व धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पदों में रोस्टर की गड़बड़ी को लेकर याचिका पर आज फिर न्यालय में सुनवाई होगी न्यायालय द्वारा बहाल किये गए ब्लॉकों में उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार अब चुनाव लड़ सकेंगे प्रचार एसओपी राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के प्रचार नामांकन आदि के लिये कोविड संक्रमण को लेकर एसओपी जारी कर दी है एसओपी के अनुसार डोर ट्र डोर प्रचार के लिये केवल पांच लोगों को ही अनुमति दी गई है

एसओपी में कहा गया है कि मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सदस्यों पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी एसओपी के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये प्रत्याशियों के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है कोविड रोगी या क्वारंटीन व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति तो रहेगी लेकिन ऐसे लोगों का नामांकन अधिकृत व्यक्ति करेगा

गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मी गर्भवती महिलाएं व दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी भी चुनाव में नहीं लगेगी मतदान केंद्र सेनेटाइज होंगे और प्रत्येक कर्मचारी की थमर्ल स्केनिंग की जाएगी एसओपी में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकना तंबाकू खाना सरकार के नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध होगा मंत्रिमण्डल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक में कोरोना बंदिशों पर फिर से विचार और सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है इसके अलावा क्रिसमस नव वर्ष पर पर्यटकों को नियंत्रित करने को लेकर भी रणनीति बन सकती है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंचायत व नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है कोरोना मरीज की जगह पर्चा दाखिल करेगा अधिकृत व्यक्ति शिमला जिले में पंचायत प्रधान के चुनाव की अधिसूचना जारी

दैनिक भास्कर के शब्द हैं टूटू चौपाल व रामपुर को छोड़ शिमला जिला में सभी ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव बहाल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज होने वाली बैठक पर पंजाब केसरी का शीर्षक है कोरोना बंदिशों पर फिर से विचार करेगी हिमाचल सरकार आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल मंत्रिमण्डल की बैठक आज कर्फ्यू पर होगी चर्चा दिव्य हिमाचल की खबर है इस बार बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल में कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक महीने लेट किया शेड्यूल अमर उजाला ने लिखा है स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार नहीं लेगा प्रैक्टिकल परीक्षाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है कोविड संकट के बीच थमने नहीं दी विकास की रफ्तार

हिमाचल ने एक हजार करोड़ के कर्ज को किया आवेदन दिव्य हिमाचल की खबर है

दैनिक जागरण की खबर है फिर अपात्र पाए गए छह निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति